सीएम मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की लगभग एक घंटे चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने श्री मोदी को प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी दी इस दौरान मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप प्रधानमंत्री को सौंपा इसी के साथ बालाघाट क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्यवाही की जानकारी भी दी श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि कोरोना के बाद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में क्या कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन आने पर टीकाकरण अभियान कैसे चलाया जाएगा इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी उन्होंने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कोल्ड चेन और टीकाकरण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है इसके लिए जिलों में टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है

ट्राइफेड के क्षेत्रीय निदेशक जगन्नाथ सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है उन्होंने लोगों से दो गज की सुरक्षित दूरी बनाने बार बार हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है

अंतर्राष्ट्रीय फसल स्वास्थ्य वर्ष पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि एकीकृत कीट प्रबंधन और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के द्वारा एग्रो केमिकल्स का विवेकपूर्ण उपयोग कर हम न केवल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी प्रतिकूल प्रभाव से बचा सकते हैं कृषि मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश आज दलहन के साथ तिलहन में भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जानना जरूरी है हमारी श्रृंखला जानना जरूरी है के तहत हम कृषि विधेयक के संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम और उसकी सच्चाई से रू ब रू करा रहे हैं कृषि कानून को लेकर यह झूठ फैलाया जा रहा है कि यह कृषि बिल किसान विरोधी है जबकि सच यह है कि किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेंच सकते हैं और बड़ी कम्पनियों के साथ मिलकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं कृषि कानून किसान रायसेन जिले के किसानों ने कृषि सुधारों पर फैलाए जा रहे भ्रम को गलत बताया है बरोला गांव के किसान अवतार सिंह बताते हैं कि कृषि सुधार कानून से किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलेगा

यह दिन एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है यह दिन लोगों को एचआईवी के खिलाफ एकजुट होने और इस वायरस से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है

उसके बाद से इस संकमण के खिलाफ लोगों को जागरुक करने और इसकी रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया गया है

शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मौके पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया

झाबुआ मे एड्स जागरूकता रथ को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया आगरमालवा में भी जागरूकता रैली निकाली गई

गुना में आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश कुमार ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि एड्स छूने या हाथ मिलाने से नहीं फैलता है

वेबिनार के माध्यम से केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया एक टवीट सन्देश में श्री मुंडा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जनजातीय समाज भी अपना योगदान दे रहा है

कार्यक्रम में प्रदेश की आदिवासी विकास मंत्री मीना सिंह भी शामिल हुई मौसम भोपाल सहित कई जिलों में तेज ध्य से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी हई है कल रात पिछले दिनों की अपेक्षा गर्म रही और आज सुबह भी सर्दी का एहसास कम हुआ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि हवा का रुख कभी पूर्वी तो कभी उत्तर पश्चिमी हो रहा है इससे तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है विभाग के मुताबिक सर्द हवाओं के कारण फिर दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने लगेगी और कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो जाएगा

समाचार संक्षेप में अशोकनगर कलेक्टर अभय वर्मा ने जिले में मुंगावली तहसील में पदस्थ एक नायब नाज़ीर को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया सीहोर जिले के आष्टा विकासखण्ड के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपूर पगारिया हाट और बोरखेड़ा में नवीन प्रसव केन्द्र का शुभारम्भ आज किया गया